शहीद सम्मान दिवस प्रदेश में आज शहीद सम्मान दिवस मनाया जा रहा है इस अवसर पर राज्य शासन युद्ध सैनिक कार्यवाही आंतरिक सुरक्षा नक्सलवाद और आतंकवादियों गतिविधियों के दौरान कर्त्तव्य निर्वहन करते हुए शहीद हुये जवानों के परिवारों को सम्मानित कर रहा है इसके साथ ही ये फैसला भी लिया गया है कि जिस गाँव में शहीद सैनिक का जन्म हुआ या उनका परिवार निवास कर रहा है वहाँ के विद्यालय या शासकीय भवन का नामकरण शहीद के नाम पर होगा शहीद सम्मान दिवस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री स्थानीय मंत्री सांसद विधायक और अन्य जन प्रतिनिधि सम्मिलित हो रहे हैं विद्यालयों में शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं तथा स्कूली बच्चों के समक्ष शहीदों की शौर्य गाथा का वाचन किया जा रहा है

हमारे आगरमालवा संवाददाता ने जानकारी दी है कि जिले के मदनखेड़ा गांव में शहीद लान्स नायक जगदीश सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी गई साथ ही उनके परिवार वालों का सम्मान किया गया वहीं बड़वानी जिले के तीन स्थान बघाड़ी नरावला और चाटली में शहीद सम्मान दिवस मनाया जा रहा है

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा सशक्त माध्यम है इनसे प्रत्येक ग्रामवासी ग्राम विकास में भागीदार बन सकता है श्री भार्गव ने कहा है कि ग्राम सभा निर्वाचित प्रतिनिधियों और उनके कार्यों का सामाजिक मूल्यांकन करती है इसलिए आवश्यक है कि सभी ग्रामवासी इन ग्राम सभाओं में भागीदारी दर्ज करवाये

रेल समय सारणी उत्तर रेलवे की तीन सौ गाड़ियों के लिए कल से नई समय सारणी लागू हो जायेगी

रेलवे ने अपने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले गाड़ियों के परिवर्तित समय को अवश्य ध्यान में रखें